प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश संकट की घड़ी में केरल और बाढ़ प्रभावित अन्य इलाकों के लोगों के साथ खड़ा है श्री मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा कर रहे थे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपने जज्बे और अदम्य साहस के बल पर केरल शीघ ही फिर से उठ खड़ा होगा

हमारी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को गँवाया है जीवन की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन मैं शोक संतप्त परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सवा सौ करोड़ भारतीय दुःख की इस घड़ी में आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं राहत और बचाव कार्य में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी श्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जांबाजों ने बचाव अभियान में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हाल ही में सम्पन्न संसद का मॉनसून सत्र बहुत रचनात्मक रहा

संसद का ये मानसून सत्र सामाजिक न्याय और युवाओं के कल्याण के सत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि संसद ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कर अपना संकल्प पूरा किया है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया जिससे इन समुदायों के हितों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पारित कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा में तो पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका श्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाया कि पूरा देश सामाजिक न्याय की इस मुहिम में उनके साथ है श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी के लिए जिस तरह की श्रद्धा की भावना देश में उमड़ी वह उनके विराट व्यक्तित्व की परिचायक है बाइट सोलह अगस्त को जैसे ही देश और दुनिया में अटल जी के निधन का समाचार सुना हर कोई शोक में डूब गया एक ऐसे राष्ट्र नेता जिन्होंने चौदह वर्ष पहले प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था एक प्रकार से गत दस वर्ष से वे सक्रिय राजनीति से काफी दूर चले गये थे अटल जी के लिए जिस प्रकार का स्नेह जो श्रद्धा और जो शोक की भावना पूरे देश में उमड़ पड़ी वह उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाती है लेकिन मैं आज अटल जी के विशाल व्यक्तित्व का एक और पहलू उसे सिर्फ स्पर्श करना चाहता हूं और यह अटल जी ने भारत को जो पॉलीटिकल कल्वर दिया पॉलीटिकल कल्वर में जो बदलाव लाने का प्रयास किया उसको उस व्यवस्था को ढांचे में ढालने का प्रयास किया जिसके कारण भारत को बहुत लाभ हुआ

उन्होंने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे जरूर खेलें और अपनी सेहत पर खास ध्यान दें क्योंकि स्वस्थ भारत से ही सम्पन्न और समृद्ध भारत का निर्माण होगा प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त है तराई और पूर्वी ज़िलों में बाढ़ का प्रकोप अभी भी जारी है भारी बारिश की वजह से पश्चिमी हिस्सों में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है मुरादाबाद रेल मंडल में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण कई रेलगाड़ियों का आवागमन बाधित हुआ मिट्टी खिसकने की वजह से पीलीभीत जनपद में बीसलपुर बरेली मार्ग बंद है

प्रदेश के कई भागों में आज भी सामान्य से तेज़ वर्षा हो रही है

लखीमपुर गोंडा फैजाबाद बाराबंकी सीतापुर बस्ती और मऊ जनपदों में लगभग ढाई सौ गांव या तो पूरी तरह पानी में डूबे हैं या उनका संपर्क मुख्य मार्ग से कट चुका है प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि कुशी नगर में अब स्थिति नियंत्रण में है जहां पर नारायणी नदी पर तटबंध के दूट जाने के बाद कई गांव पानी में डूब गए थे उन्होंने बताया कि घाघरा और दूसरी नदियों पर बने तटबंधों में आई दरार की मरम्मत का काम लगातार जारी है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पिछले एक पखवारे से अयोध्या में चल रहा सावन झूला मेला आज श्रावणी पूर्णिमा के मुख्य स्नान के साथ सम्पन्न हो गया इस दौरान अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं ने ब्रम्हमूहूर्त से ही सरयू में स्नान कर कनक भवन हनुमानगढ़ी तथा रामजन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की

सिद्धार्थ नगर ज़िले में फर्जा प्रमाण पत्रों के आधार पर विभिन्न प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे अड़तीस शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है ज़िलाधिकारी कुणाल सिल्कू ने बताया कि शासन के निर्देश और सूचनाओं के आधार पर इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय टीम द्वारा सभी अड़तीस शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख फर्जा पाये गये हैं बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी गई है गोरखपुर देवरिया और कुशीनगर जिलों के रहने वाले इन शिक्षकों की भर्ती दो हजार नौ और दो हजार सोलह में हुई थी भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षा बन्धन पर्व आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास और परम्परागत ढंग से मनाया जा रहा है श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाये जाने वाले इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं तथा उनके सुखमय जीवन और दीर्घायु होने की कामना करती हैं लखनऊ में साक्षी फाउंडेशन प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों तथा दिव्यांग डेवलेपमेंट सोसाइटी कानपुर की दिव्यांग बच्चियों ने राजभवन में राज्यपाल रामनाइक को राखी बांधी इस अवसर पर श्री नाइक ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहनों के लिए प्यार और आत्मीयता बढ़ाने का पर्व है मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य आज गोरखपुर में राज्य परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया निगम की सभी श्रेणी की बसों से आज रात बारह बजे तक महिलायें मुफ्त यात्रा कर सकेंगी कानपुर जिला कारागार में बंद कदियों को बहनों से मिलने का अवसर मिला जिनसे उन्होंने राखियॉ बंधवाइ मेरठ में रक्षाबंधन की धूमधाम के बीच भाजपा महिला मोर्चा की टीम ने नगर की मलिन बस्तियों में पहुंच कर भाइयों को राखी बांधी अमरोहा में महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और मिठाई खिलाई पुलिस कर्मियों ने उन्हें बदले में उपहार के साथ साथ सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया कुशीनगर और मऊ सहित अधिकांश जिलों में रक्षा बंधन क उपलक्ष्य में विविध आयोजनों का भी समाचार है आज संस्कृत दिवस है देश में हर साल श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इसी क्रम में जौनपुर ज़िले के मोरशादपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने श्लोक तथा गीत प्रस्तुत किये इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम और आधुनिक युग की वैज्ञानिक भाषा है